आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि यह भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा और अटल इरादों को नमन करने का अवसर है उन्होंने कहा कि उनके नूतन उत्साह और अग्रणी अनुसंधान से भारत और विश्व को मदद मिली है प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय विज्ञान देश के युवाओं को विज्ञान के प्रति और अधिक उत्सुकता से प्रयास करने के लिए प्रेरित करता रहेगा कमलनाथ इन्दौर मुख्यमंत्री कमलनाथ आज इंदौर में कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं कुछ देर पहले मुख्यमंत्री आशा कन्फेक्शनरी के कार्यक्रम में शामिल हुए इस दौरान उन्होंने कन्फेक्शनरी में तैयार होने वाले उत्पादों का निरीक्षण किया मुख्यमंत्री ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में सीआईआई के कार्यक्रम में शामिल होंगे और उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे

किसान पंजीयन प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन कराने का आज अंतिम दिन है होशंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि तकनीकी खामी के कारण कल जिले में किसानों को पंजीयन के लिये परेशान होना पड़ा आज भी पंजीयन केन्द्रों पर किसानों की लंबी कतारे देखी जा रही हैं

इस अभियान का उददेश्य विभिन्न राज्यों को सांस्कृतिक एकता के सूत्र में पिरोना है

मौसम विभाग ने आने वाले एक दो दिनों में मौसम इसी तरह बने रहने का अनुमान जताया है हालांकि ग्वालियर और चंबल संभागों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है

इस दौरान उन्होंने किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित किये

इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में राम वन गमन पथ का निर्माण कराया जाएगा

वहीं मंडला जिले के नैनपुर विकास खण्ड में यह शिविर लगाया गया